लोकसभा चुनाव की मतगणना अंतिम चरण में है ताजा रूझान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर है एनडीए ने पांच सौ बयालीस सीटों में से तीन सौ छियालीस सोटों पर निर्णायक बढ़त ले ली है इनमें भारतीय जनता पार्टी तीन सौ सीटों पर आगे हैं जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इक्यावन सीटों पर बढ़त बना रखी है यूपीए के अन्य घटक दल ने सैंतीस सीटों पर आगे है इसके अलावा अन्य दलों न एक सौ सात सीटों पर बढ़त बना ली है वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी प्रमुख अमित शाह केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति ईरानी नितिन गडकरी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी अपनी सीटों पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है वाराणसी सीट पर सबकी निगाहें थी जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चार लाख नब्बे हजार से अधिक मतो से आगे चल रहे हैं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से तीन लाख से अधिक मतों से केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह गाजियाबाद से लगभग पांच लाख मतों से बढ़त बनाये हुए है उत्तर प्रदेश में चार लोकसभा सीटों के नतीजे चुनाव आयोग द्वारा घोषित कर दिये गये है इनमें तीन एनडीए के पक्ष और एक बहुजन समाज पार्टी के हक में गया है गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला ने तीन लाख से अधिक मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन प्रत्याशी राम भुवल निषाद को हराया है बहराइच सीट पर भाजपा के अक्षयवर लाल ने एक लाख अट्ठाईस हजार मतों से जीत हासिल की है

राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट पर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी पकौड़ीलाल कोल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन प्रत्याशी भाईलाल कोल को मात दी है वहीं नगीना सुरक्षित सीट पर बहजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गिरिश चन्द्र को विजय प्राप्त हुई है

वहां केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है

इनमें से कई सीटों पर भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों ने निर्णायक बढ़त बना ली है एक रिपोर्ट आज सुबह प्रदेश की सभी अस्सी सीटों सहित आगरा उत्तर और लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा सीटों के उप चुनावों की मतगणना शुरू होते ही लोगों की निगाहे प्रमुख सीटों के रूझानों पर टिकी हुई थी शुरूआती रूझान से भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली और कार्यकताओं के चेहरों पर खुशी झलकने लगी वहीं अन्य दलों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आया

इस बीच कन्नौज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव का भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से पीछे होना और अमेठी में केन्द्रीय स्मृति ईरानी का अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बढ़त बनाना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है लगभग सभी सीटों पर मतगणना का काम अंतिम चरण में हैं लोगों को परिणामों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है

वहीं गठबंधन में शामिल बसपा बारह सपा छह और राष्ट्रीय लोकदल के एक सीट पर जीतने की प्रबल संभावना है

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपार लोकप्रियता और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कारगर संगठनात्मक कौशल को दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर कहा है कि उनकी पार्टी का विश्वास सबका साथ सबका विकास में है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर ही भारत विजयी होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कामयाब होने पर बधाई दी है श्री गांधी ने कहा कि वह जनादेश का सम्मान करते हैं बाइट जनता मालिक है और मालिक ने आर्डर दिया है डायरेक्शन दिया है तो मैं सबसे पहले नरेन्द्र मोदी जी को बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैन्डीडेट जो लड़े और पूरा दम लगाकर दिल से लड़े उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी लड़ाई विचार धारा की लड़ाई है अमेठी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्रोमती ईरानी अमेठी की प्रतिनिधि के रूप में उसकी अच्छे ढंग से देखभाल करेंगी बाइट अमेठी के नतीजे पर मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती है उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं और जनता ने अपना डिसीजन लिया है मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं यह लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करे जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वह पूरा करे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

मूख्यमंत्री प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की शानदार जीत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व में हर तबके का विकास बिना भेदभाव के हुआ है और चुनाव नतीजों में जनता की भावनाएं और अपेक्षाएं परिलक्षित हुई है बाइट प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनन्द करता हूं

भारतीय जनता पार्टी की जीत पर विदेशों से भी बधाईयों का सिलसिला जारी है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव में भारी सफलता पर बधाई दी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जीत पर श्भकामनाएं दी है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने श्री मोदी को संसदीय चुनाव में उनकी सफलता पर बधाई दी है श्रीलंका सरकार और वहां के राजनेताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई पेश की है वहीं इस्राइल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतनयाहू ने एक ट्वीट के जरिये बधाई देते हुए कहा है कि इस चुनाव ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर मोहर लगाई है भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस बार चूनाव में आकांक्षाओं और अवसरवाद के बीच लड़ाई रही उन्होंने कहा कि लोगों ने नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो के लिए वोट दिए

मैंने अपने चुनाव का मुद्दा पटना साहिब में रखा था आशा बनाम अवसरवाद जो नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में देश में काम किया केंद्र सरकार ने काम किया और जिस तरह की एनडीए की एकजुटता दिखाई पड़ी बहुत ही प्रभावी रूप से भाजपा ने एनडीए ने बहुत ही प्रभावी विजय हासिल की है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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और पार्टी प्रमुख अमित शाह की सांगठनिक क्षमता का परिणाम है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से विशेष बातचीत में श्री मौर्य ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर जनता ने पुनः श्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है

अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह के नेतृत्व संगठन के कार्यकर्ता को इसका श्रेय देंगे और सबका साथ सबका विकास करते हुए जो सबके विश्वास के आधार पर आशीर्वाद जनता ने फिर से एकबार दिया है

इसकी पूरी उम्मीद थी कि जितना विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर था उतना ही विश्वास हम लोगों को जनता पर भी था कि अगर इतना विश्वास हमने जताया है कि इसका आशीर्वाद भी जनता की ओर से हमको रिर्टन में आयेगा बस्ती लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गठबंधन प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी पर निर्णायक बढ़त बना ली है आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत करते हुए श्री द्विवेदी ने पार्टी की इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों को दिया

निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता मोदी सरकार की योजनाओं प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है लोगों ने इसको स्वीकार करके भारतीय जनतापार्टी अप्रत्याशित जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे

भाजपा ने जीतने वाले अपने सभी सांसदों को शनिवार तक दिल्ली आने को भी कहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने टवीटर हैंडल पर नाम से पहले चौकीदार हटा लिया है लेकिन कहा है कि यह शब्द उनका अभिन्न हिस्सा बना रहेगा श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के लोगों ने चौकीदार बनकर राष्ट्र की बड़ी सेवा की जातिवाद संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार से देश की रक्षा के लिये चौकीदार एक सशक्त प्रतीक बन गया है